मुख्यमंत्री आज शिमला में जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे ये प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने आया था मुख्यमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की कि जनमंच कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा सचिवालय स्तर पर समन्वय करेंगे जयराम ठाकुर ने कहा कि जनमंच राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और जनता केंद्रित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जनसमस्याओं का निपटारा लोगों के घर द्वार पर करना है उन्होंने कहा कि नरेंद्र बरागटा जनमंच का समन्वय राज्य स्तर पर करेंगे ताकि लोगों की समस्या जल्द दूर हो सके उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश के सेब बागवानों के कल्याण और बेहतरी के लिए वचनबद्व है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसद वीरेंद्र कश्यप सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस मौजूद रहे थे

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने दशहरा उत्सव को लेकर आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे जबकि समापन समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे दशहरा उत्सव के दौरान हर रोज किसी एक थीम पर दिन के समय कार्यक्रम आयोजित होंगे उत्सव का मुख्य आकर्षण कुल्लवी नाटी होगा जिसमें केवल महिलाएं ही भाग लेंगी इसके अलावा पार्श्व गायक भी हर रोज अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे सौभाग्य कार्यक्रम केन्द्र सरकार ने सौभाग्य कार्यक्रम के तहत हर घर को बिजली से जोड़ने में अग्रणी राज्यों के लिए सौ करोड़ रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है इस योजना के तहत बिजली वितरण कंपनियों के अलावा कर्मचारी भी सामूहिक रूप से पचास लाख रुपये के पुरस्कार के पात्र होंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष सितंबर में इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी कल नई दिल्ली में विद्युत मंत्री आर के सिंह की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में पुरस्कार की घोषणा की गई बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने कहा है कि महाराजा अग्रसेन बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे जो एक दानी पुरुष के साथ साथ समाजवाद के प्रवर्तक व समाज सुधारक भी थे उनके आदर्शो और दिखाए गए सद्मार्ग का समाज के हर व्यक्ति को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए बिंदल नाहन में वैश्य सभा तथा हिंदू आश्रम ट्रस्ट द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन को अपनी कार्यशैली से नवीन विचार और चिंतन को समाज के समक्ष रखा जिससे वैश्य और अग्र परंपरा को मूर्त रूप मिला अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को इनका लाभ मिल सके अनुराग ठाकुर आज ऊना में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं का लगातार फीडबैक देने को भी कहा था कि ताकि इन्हें लागू करने में जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं को दूर किया जा सके डीसी कांगडा कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल में बर्फबारी में फंसे भेड़पालकों की सहायता के लिए जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए दो दल अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं और भेड़पालकों से उनका संपर्क हो गया है उपायुक्त कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि सभी भेड़ पालक सुरक्षित है और उन्हें राशन की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि दल के सदस्यों के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ कम्बल और जूते भेजे गए हैं उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा दल थमसर पास की ओर से रवाना किया गया है

विमोचन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में डॉ प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द लीडरशिप का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज समाज में ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर तक नेतृत्व विकास होना चाहिए ताकि एक समृद्ध समाज स्थापित हो सके लेखक प्रमोद शर्मा ने कहा कि पुस्तक में मनेजमेंट के सिद्धांत व्यवहारिक नेतृत्व गुण नेतृत्व के प्रकार और नेतृत्व के विकास पर प्रकाश डाला गया है जेबीटी कांगड़ा जिला में दिव्यांग कोटे से जेबीटी शिक्षकों के पांच पद बैच वाईज आधार पर भरे जाएंगे प्रारंभिक उपशिक्षा निदेशक कांगड़ा दीपक किनायत ने कहा कि इन में से दो पद सामान्य वर्ग से दो अन्य पिछड़ा वर्ग और एक अनुसूचित जाति से भरा जाएगा